अभियान का उद्देश्य शारीरिक व्यायाम और खेलकूद को लोकप्रिय बनाना है

प्रदेश में भी इस कार्यक्रम को विभिन्न शिक्षण संस्थानों में दिखाए जाने के प्रबंध किए गए हैं उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक प्रमोद चौहान ने बताया कि प्रदेश के सभी स्कूलों और कॉलेजों में इस कार्यक्रम के प्रसारण के लिए उचित प्रबंध किए गए हैं

यह दिन देश के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती का है इस मौके पर प्रदेश में युवा सेवाएं एवं खेल विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे मॉनसून सत्र प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे मॉनसून सत्र का आज नौंवां दिन है

इस दौरान प्रश्नकाल के अलावा शासकीय व अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे

प्रकाश जावडेकर केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि रेडियो जैसा संचार का कोई दूसरा विश्वसनीय सशक्त माध्यम नहीं हो सकता कल नई दिल्ली में सातवें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हाल के समय में सामुदायिक रेडियो संचार का महत्वपूर्ण साधन है और लोकतंत्र में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है

हाईकोर्ट प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला जिला के रामपुर कॉलेज की दृष्टिबाधित छात्राओं के पत्र का संज्ञान लेते हुए कॉलेज में पढ़ाई की बुनियादी सुविधाएं न होने के संबंध में उपायुक्त को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं इन छात्राओं ने पत्र में मुख्य न्यायाधीश वीरामासुब्रमण्यन को लिखे पत्र में कहा है कि जनजातीय हॉस्टल और अम्बेदकर हॉस्टल के बीच रास्ते की हालत दयनीय है और छात्रावासों में पानी का संकट हमेशा बना रहता है दृष्टिबाधित छात्राओं ने आरोप लगाया कि कॉलेज में टॉकिंग सॉफ्टवेयर व सुगम्य लाईब्रेरी न होने पर भी उन्हें परेशानी हो रही है

उच्चतर शिक्षा विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है हालांकि पदनाम बदलने के बावजूद इन शिक्षकों के लिए छठी से जमा दो कक्षा तक पढ़ाने की शर्त बरकरार रहेगी अवार्ड प्रदेश से इस बार राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चंबा में तैनात शिक्षक विकास महाजन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पांच सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर अधिकांश समाचार पत्रों ने आज विधानसभा के मॉनसून सत्र से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

दैनिक जागरण लिखता है हिमाचल में प्लास्टिक पर होगी और सख्ती

अमर उजाला ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है एचआईवी की गलत रिपोर्ट से कोमा में गई महिला की मौत मामले की होगी जांच अतिरिक्त मुख्य सचिव रामसुभग से पर्यटन विभाग वापिस लिए जाने की खबर भी आज सभी समाचार पत्रों में सुर्खी लिए हुए है दैनिक भास्कर लिखता है टूरिज्म संपत्ति विवाद रामसुभग को पर्यटन विभाग से हटाया गया पंजाब केसरी ने शीर्षक दिया है रामसुभग सिंह पर गिरी पर्यटन निगम संपत्ति विवाद की गाज अमर उजाला के शब्द हैं रामसुभग सिंह को पर्यटन विभाग से हटाया सीएस खुद देखेंगें वहीं हिमाचल दस्तक लिखता है जांच के बीच पर्यटन सचिव हटाए जयराम ठाकुर ने मुख्य सचिव बीके अग्रवाल को दिया विभाग हाईकोर्ट के एक फैसले से जुड़ी खबर को दैनिक जागरण और दैनिक सवेरा टाइम्स ने एक सा शीर्षक दिया है पारिवारिक बंदोबस्त के लिए पंजीकरण जरूरी नहीं